भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा भी इस अवसर पर उपस्थित थे इस प्रशिक्षण सत्र का उद्देश्य सांसदों को अनुशासित रहने तथा संसद के बाहर व भीतर अपने आचरण के प्रति सतर्क रहने के लिए प्रेरित करना है कार्यशाला के दौरान सभी नव निर्वाचित सांसदों को जन कल्याण से जुड़े मुददों को लोगों तक ले जाने के तौर तरीकों की जानकारी दी जायेगी नमो ऐप और सोशल मीडिया के बारे में भी जानकारी के लिए अलग से एक सत्र रखा गया है बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले मज़दूरों के कल्याण के लिए केन्द्र व प्रदेश सरकार ने अनेक योजनाएं शुरू की हैं वे आज नाहन में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पैंशन योजना के तहत आयोजित एक जागरूकता शिविर की अध्यक्षता कर रहे थे

स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को विभिन्न विभागों के माध्यम से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने सोलन जिले में कसौली क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला राजड़ी को सुरक्षा कारणों से दूसरी जगह बदलने के निर्देश दिए है विद्यालय का निरीक्षण करने के बाद आज उन्होंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से इस भवन को स्थानांतरित करना जरूरी है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो सैजल ने राष्ट्रीय राजमार्ग के फोरलेन का निर्माण कर रही कंपनी को क्षेत्र के पारिस्थितिकीय संतुलन व भौगोलिक परिस्थितियों का ध्यान रखने के निर्देश भी दिए धुमल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भाजपा कार्यकताओं से अधिक से अधिक लोगों से मिलकर उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाने का आहवान किया है वे आज हमीरपुर जिले में सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के टौणी देवी में पार्टी के संगठन पर्व सदस्यता अभियान के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे

कार्यशाला विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रदेश में संकामक बीमारियों पर निगरानी रखने और जानलेवा बीमारियों पर नियंत्रण के लिए अभियान चलाया गया है इसी कड़ी में आज लाहौल स्पिति ज़िला मुख्यालय केलंग में स्वास्थ्य कर्मियों को बच्चों में फैलने वाली पोलियो खसरा रूबेला और काली खांसी जैसी बीमारियों के लक्षण और जांच रिपोर्ट तैयार करने का प्रशिक्षण दिया गया विश्व स्वास्थ्य संगठन के मैडिकल सर्विलेंस अधिकारी डॉक्टर तोमर ने बताया कि भारत पोलियो मुक्त हो चुका है मगर अन्य देशों से इसके फैलने की संभावना हमेशा बनी रहती है मिंजर मेला चंबा के ऐतिहासिक चौगान मैदान में इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले की धूम है आठ दिवसीय इस मेले के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक व खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं चंबा से हमारे प्रतिनिधि विकास ठाक्र ने बताया है कि भारत सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय द्वारा केन्द्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को दर्शाती प्रदर्शनी भी लोगों के आकर्षण का केन्द्र बनी हुई है स्थानीय कलाकारों सहित बाहरी राज्यों के कलाकार भी दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रहे हैं इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कल ऐतिहासिक मिंजर मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता करेंगे इस दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन भी करेंगे अभियान हमीरपुर जिले में महिला मंडलों और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को स्वरोजगार संबंधी योजनाओं की जानकारी देने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है उपायुक्त हरिकेश मीणा ने आज नादौन से अभियान का शुभारंभ करते हुए बताया कि इसका उद्देश्य महिलाओं की क्षमता का विकास कर उन्हें ग्रामीण स्वरोज़गार से जोड़ने के लिए प्रेरित करना है उपायुक्त ने कहा कि केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा कृषि बागवानी और पशुपालन जैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं